श्री गडकरी गुना के लालपरेड मैदान पर आयोजित विकास पर्व एवं किसान महा सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुये

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय के अंतर्गत दस लाख करोड़ रूपयों के कामों की शुरूआत की गई है और इतनी बड़ी राशि होने के बाद भी यह काम बिना किसी भ्रष्टाचार के गुणवत्ता के साथ हो रहे हैं कार्यक्रम को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज प्रदेश में एक दिन में सत्रह हजार करोड़ की सड़को का लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ हो रहा है लोगों ने कांग्रेस का जमाना भी देखा है और हमारा काम भी देख रहे हैं अब पूरे प्रदेश की सड़के और हालात बदल रहे हैं सुकन्या योजना केन्द्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में अनिवार्य वार्षिक राशि एक हजार रूपये से घटाकर ढ़ाई सौ रूपये कर दी है इस फैसले से ज्यादा से ज्यादा लोग लड़कियों के लिये बचत की इस योजना का लाभ ले सकेंगे

सुकन्या समृद्धि खाते पर अन्य लघु बचत योजनाओं और लोक भविष्य निधि की तरह ही हर तिमाही में ब्याज दर संशोधित की जाती है जुलाई से सितम्बर की तिमाही के लिये ब्याज दर आठ दशमलव एक प्रतिशत निर्धारित की गई है इस योजना के अंतर्गत माता पिता या कानूनी संरक्षक दस वर्ष तक की अपनी बेटी के नाम पर डाकघर या सरकारी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं इस योजना में जमा राशि और परिपक्वता पर मिलने वाली राशि पर आयकर कानून की धारा अस्सी सी के तहत कर से छूट मिलेगी

सभी युवक भोपाल से जन्मदिन की पार्टी मनाने आए थे

हादसे में कार में सवार सभी छह युवाओं की मौत हो गयी डिजिटल कार्यशाला पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव कल भोपाल में ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजेक्शन और करारोपण को बढ़ावा देने के विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों द्वारा पांच जिलों के करीब दौ सौ पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जायेगा पंचायत राज्य संचालक ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में पंचयातों का सशक्तिकरण का प्रयास किया है इसी क्रम में यह विशेष कार्यशाला आयोजित की जायेगी कार्यशाला के पहले दिन पंचायतों को करारोपण की प्रक्रिया के तहत अनिवार्य और वैकल्पिक कर लगाने और वसूली की प्रक्रिया की तकनीकी जानकारी और ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया बताई जायेगी दूसरे दिन अन्य प्रदेशों के प्रतिनिधि विशेषज्ञों का प्रस्तुतीकरण होगा जुनियर डॉक्टर हड़ताल प्रदेश में जूनियर डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मचारी आज से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं

लेकिन जरूरत पड़ने पर मरीजों को बाहर के मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ता है

साथ ही स्टाइफंड की राशि को भी बढ़ाया जाये

इस अवसर पर उनके जन्म स्थान अलीराजपुर जिले के चन्द्रशेखर आजाद नगर में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये आजाद कृटिया और आजाद पार्क पर लोगों ने अमर शहीद को श्रद्धांजलि दी राजस्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने इस अवसर पर न्यू मार्केट और गीतांजलि चौराहा में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन शहीदों के कारण ही हमें स्वतंत्रता मिली है उधर संस्कृति मंत्रालय की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया इससे पहले कल भोपाल में आजाद भारत संघ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया मौसम बारिश मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में अगले तीन दिन तेज बारिश की संभावना जताई है विभाग के अनुसार दक्षिणी झारखंड और उसके आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनना बताया गया है इसके बाद यह पश्चिम उत्तर दिशा में बढ़ जायेगा इसके प्रभाव से प्रदेश के पूर्वी हिस्से के अधिकांश क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका है

सामान्य से अधिक वर्षा वाले जिलों में छिंदवाड़ा मंडला उमरिया इंदौर झाबुआ मुरैना खण्डवा बुरहानपुर उज्जैन मंदसौर नीमच रतलाम शाजापुर आगर मालवा सीहोर रायसेन और दमोह शामिल हैं